केन्द्र सरकार ने छह रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की

पिछले एक महीने में सक्रिय मरीजों की संख्या में पच्चीस प्रतिशत तक की आई कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद भी किसानों से मंडियों में अनाज की खरीद जारी रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना और किसानों का जीवन बेहतर बनाना है प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे बाईट कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी जी नहीं ऐसा कतई नहीं होगा और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अव भी होगा बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है प्रधानमंत्री ने कृषि व्यवसाय में बिचौलियों को हटाने की आवश्यकता का भी जिक्र किया उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और अनाजों की सरकारी खरीद की व्यवस्था बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी बाईट इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की इन सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे हुए थे मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की सेवा करना और भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत कृषि उद्योग का निर्माण करना है बाईट इंफ्रास्टेक्चर के विकास के सबसे ज्यादा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को होता है इससे हमारे किसानों को भी बहुत अधिक लाम होता है किसानों को अच्छी सड़कें मिलने से नदियों पर पुल बनने से खेत और शहरों के मार्केट की दूरी कम हो जाती है कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि सुधार विधेयकों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे किसानों के कल्याण में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने बिहार में चौदह हजार दो सौ अंठावन करोड़ रुपये की लागत वाली नौ राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी साथ ही श्री मोदी ने गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु और विक्रमशिला सेतु के समानांतर नये पूलों का शिलान्यास किया उन्होंने कोसी नदी पर भी नये पूल की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया इससे अगले वर्ष मार्च महीने तक राज्य के सभी पैंतालीस हजार नौ सौ पैंतालीस गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतनेट के तहत बिहार की सभी ग्राम पंचायतें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ गई हैं इसके बाद ग्राम पंचायतों के तहत गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा श्री प्रसाद ने कहा कि बिहार के सभी गांवों में फोर जी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी बाईट देश के सभी छह लाख ग्राम पंचायतों में हम फाइबर के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएंगे और आज ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि उसका आरंभ बिहार से हो रहा है

समारोह को संबोधित करते हुये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि बिहार में ऊर्जा क्षेत्र पर सत्तर हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान तैंतालीस हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है

हम लोग के देश में आपका शासन आने के पहले बिजली की संकट रहा करती थी बिजली में हम डेफिसिएट थे आज जितनी हमारी आवश्यकता है उससे दोगुना बिजली उत्पादन करने की क्षमता हम रखते हैं

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय से पहले सभी घरों में बिजली उपलब्ध करा दी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग की टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले दो से तीन दिनों के अंदर फैसला किया जायेगा एक वेबीनार को संबोधित करते हुये श्री अरोड़ा ने कहा कि कोविड उन्नीस को देखते हुये बिहार में विधानसभा चुनाव कराना एक चुनौती है और इसे लेकर आयोग पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुये मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या डेढ़ हजार से घटाकर एक हजार कर दी गयी है जिस कारण मतदान केन्द्रों की संख्या पैंसठ हजार से बढ़कर एक लाख हो गयी है केन्द्र सरकार ने छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है क्रषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है गेहूं के समर्थन मूल्य में पचास रुपये की वृद्वि की गयी है अब गेहूं का एमएसपी एक हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये प्रति क्विंटल होगा मसूर के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये सरसों तथा चना के लिए दो सौ पच्चीस रुपये ज्वार के लिए पचहत्तर रुपये जबकि कुसुम के समर्थन मूल्य मेंएक सौ बारह रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है बाईट हमने छह साल के भीतर नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी के भुगतान के रूप में सात लाख करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है जो नरेन्द्र मोदी जी ने कहा वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है प्रदेश में अब तक कोविड उन्नीस के लगभग एक लाख छप्पन हजार मरीज ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव सात चार प्रतिशत है यह राष्ट्रीय औसत से ग्यारह प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग की ब्रलेटिन के अनुसार इस वैश्विक महामारी से अब तक आठ सौ सत्तर लोगों की मौत हुई है सबसे अधिक पटना में एक सौ निन्यानवे लोगों की जबकि शिवहर में मात्र एक मरीज की मौत हुई है राज्य में कोविड के प्रष्ट मामलों की संख्या एक लाख उनहत्तर हजार आठ सौ छप्पन है सक्रिय मरीजों की संख्या तेरह हजार एक सौ इकसठ है जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है पिछले एक महीने में सक्रिय मरीजों की संख्या में पच्चीस प्रतिशत तक की कमी आई है वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या आठ दशमलव छह प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दस प्रतिशत कम है राज्य सरकार ने कोविड की जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच की दर डेढ़ हजार रूपये कर दी है स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है पहले निजी लैब में जांच की दर पच्चीस सौ रूपये निर्धारित थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे परियोजना के पहले चरण के तहत पांच स्टेशन और डिपो का निर्माण होना है वहीं श्री कुमार पथ निर्माण विभाग की दो सौ परियोजनाओं और जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की सतहत्तर परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों से रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश की खबर है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले अड़तालीस घंटों तक बारिश की सम्भावना बनी हुई है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी और बिहार के पूर्व सूचना आयुक्त अरूण कुमार वर्मा का अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद पटना के गुलबी घाट पर किया जायेगा उनका कल देर शाम पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था वे सड़सठ वर्ष के थे वे दूरदर्शन समाचार पटना और पत्र सूचना कार्यालय पटना के निदेशक भी रहे इसके अलावा उन्होंने आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश में भी उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी श्री वर्मा के निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश क्मार उपमुख्यमंत्री सुशील क्मार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मंत्री प्रेम कुमार नंदकिशोर यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित विभिन्न दलों के नेताओं और समाज के गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के मामले में डीएलएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है न्यायमूर्ति के उपाध्याय की पीठ ने शिक्षकों के कुल पद सहित डीएलएड उम्मीदवारों और बीएड उम्मीदवारों के प्राप्त आवेदनों की संख्या की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को जमा करने का निर्देश दिया है मामले में फैसला नवम्बर महीने के पहले सप्ताह में सुनाया जायेगा राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आज दस जिलों में दो सौ अठहत्तर केन्द्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है वहीं आज से ही सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की कम्पार्टमेंटल परीक्षा भी शुरू हो रही है मूजफ्फरपूर जिले के बरियापूर कंध स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा से बाईस लाख रूपये से अधिक निकासी के मामले में शाखा प्रबंधक समेत छह कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य में विभिन्न सड़क और पुल परियोजनाओं के शिलान्यास से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है पीएम ने गांधी सेतु के समानांतर पुल और पटना रिंग रोड का किया शिलान्यास

हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है कृषि बिल से बंद नहीं होंगी मंडियां दैनिक जागरण की सुर्खी है राज्यसभा के आठ विपक्षी सदस्य निलंबित प्रभात खबर लिखता है छह रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि दैनिक आज ने लिखा है बिहार में स्कूल नहीं खुलने के आसार राष्ट्रीय सहारा के शब्द है दरभंगा से आठ नवम्बर से शुरू होगी उड़ान

केन्द्र सरकार ने छह रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की

पिछले एक महीने में सक्रिय मरीजों की संख्या में पच्चीस प्रतिशत तक की आई कमी